न्यायालय ने कहा कि देश में जितने भी दीवानी और आपराधिक मामलों में ट्रायल पर स्टे लगा हुआ है वे छह माह की अवधि के बाद खारिज हो जायेंगे जस्टिस एके गोयल आरएफनरीमन और नवीन सिन्हा की पीठ ने कहा कि स्टे तभी जारी रह सकेंगे जब उन्हें किसी तार्किक आदेश के जरिए बढ़ाया गया हो खंडपीठ ने कहा कि इस आदेश से मुकदमों के निपटारे में तेजी आयेगी

इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा है कि अब आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि तीस जून कर दी गई है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कल पैनकार्ड और आधार को जोड़ने के लिए आखिरी तारीख तीस जून तक बढ़ाई थी

यह राशि सीधे बच्चे के बैंक खातों में भेजी जायेगी केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य के सुझाव पर अपनी सहमति दे दी है वर्ग पांच तक के छात्रों को एक सौ पचास रूपये और छठी से आठवीं कक्षा के छात्रों को दो सौ पचास रूपये दिये जायेंगे बिहार शिक्षा परिषद ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजे गये पत्र में यह सुनिश्चित करने को कहा है कि छात्रों के बैंक खाते चालू हालत में हों ताकि पैसे भेजने में कोई दिक्कत नहीं हो

श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब उनहत्तर तरह के कामों में अकुशल मजदूरों को दौ सौ चौवन रूपये अर्द्वकुशल को दो सौ पैंसठ रूपये कुशल को तीन सौ बाईस रूपये और अतिक्शल मजदूरों को तीन सौ बानवे रूपये मिलेंगे श्रम आयुक्त गोपाल मीणा ने बताया लिपिकीय काम के लिए प्रतिमाह सात हजार दो सौ छियासी रूपये की नयी दर तय की गयी है इस तरह अन्य श्रेणियों के लिए भी मजदूरी की नयी दरें तय की गयी हैं श्री मीणा ने बताया कि ये दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी यदि कोई नियोक्ता न्यूनतम मजदूरी दर से भुगतान नहीं करता है तो उसे एक साल की सजा और तीन हजार रूपये तक का जुर्माना देना होगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया ये योजनाएं दो हजार बीस तक चलेंगी और इससे दस लाख युवाओं को लोन मिल सकेगा सरकार इस पर लगभग छियासठ सौ करोड़ रूपये खर्च करेगी कैबिनेट ने इस योजना में कई बदलाव भी किये हैं नये प्रावधानों के अनुसार छात्र साढ़े सात लाख रूपये तक का शिक्षा ऋण ले सकेंगे

साथ ही कर्ज चुकाने की शुरूआत कोर्स की अवधि पूरी होने के एक साल बाद होगी मंत्रिमंडल ने नई एकीकृत शिक्षा योजना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है इसके तहत देश भर में प्री नर्सरी से लेकर बारहवीं की कक्षा तक के लिए एक समान शिक्षा नीति का निर्माण किया जायेगा मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक में संशोधनों को मंजूरी दे दी है इसके अनुसार अब डाक्टरों को प्रैक्टिस शुरू करने के लिए अलग से परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी एमबीबीएस की परीक्षा को ही नेशनल एक्जिट टेस्ट माना जायेगा वहीं विवादास्पद ब्रिज कोर्स का प्रावधान हटा दिया गया है इस प्रावधान से वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े डाक्टरों को ऐलोपैथिक उपचार की अनुमति मिल सकती थी सरकार ने अयोग्य और नीम हकीम चिकित्सकों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया है अनधिकृत चिकित्सा सेवा देने पर एक साल की कारावास और पांच लाख रूपये तक के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है

कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि कुछ केन्द्रों पर अभ्यर्थियों द्वारा कथित रूप से नकल करने की घटनाओं के सामने आने के बाद इसकी सीबीआई जांच चल रही है

इसके अलावा बयालीस प्रकार की चिकित्सकीय उपकरण भी निःशुल्क दिए जायेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना में यक्ष्मा निवारण के लिए मीडिया संवेदनशील कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए ये घोषणा की श्री पांडेय ने कहा कि जून महीने से ये सुविधाएं लोगों को मिलने लगेगी

इस अवसर पर प्रदेश भर में जैन समुदाय के लोग विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है

पुलिस ने बताया कि दो युवकों को गोताखोरों की मदद से सकूशल बाहर निकाल लिया गया जिनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है मृतक महारथपुर और पिढौली गांव के रहने वाले थे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मूर्ति के साथ सेल्फी लेने के क्रम में युवकों का पैर फिसल गया जिससे वे गहरे पानी मे चले गए सरकार की ओर से मृतकों के निकटतम परिजनों को चार चार लाख रूपये की अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध करा दी गयी है

बढ़ी हुई व्याज दरें एक करोड़ से कम की जमा राशि पर लागू होंगी

वहीं तीन अन्य बच्चों का इलाज चल रहा है

हिन्दुस्तान लिखता है सीबीएसई ने दो पेपर रद्द किये बोर्ड एक हफ्ते में तारीखों का करेगा एलान दैनिक जागरण ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को सुर्खी दी है दस लाख छात्रों को दिया छियासठ सौ करोड़ का तोहफा दैनिक भास्कर लिखता है राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद बिल पास शिक्षा परिषद यूनिवर्सिटी कॉलेज सहित सभी उच्च शिक्षा संस्थानों की करेगी मॉनिटरिंग प्रभात खबर की सुर्खी है इलाज के लिए रिम्स से एम्स भेजे गये लालू राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है सरकारी अस्पतालों में जून से तीन सौ दस दवाएं मुफ्त